राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा हर विश्वविद्यालय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करें वित्त सचिव अजय नारायण झा ने हरिद्वार में नमामि गंगे योजना के तहत कार्यों की समीक्षा की सुखते जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने के मिशन में जुटे बागेश्वर के किशन मलड़ालाखों पौधे लगाकर कई जलस्रोतों को गुलजार किया स्लग नीति आयोग नीति आयोग ने नवभारत निर्माण योजना के व्यापक राष्ट्रीय नीति दस्तावेज जारी किए

ब्धवार को नई दिल्ली में इसका विमोचन करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग के नए दस्तावेज में त्वरित विकास और सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया है नए दस्तावेज में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में भागीदारी के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने की बात कही गई है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव किसानों की आय को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल नीतियों के निर्माण और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वास्ते कृषि प्रौद्योगिकी के आध्निकीकरण पर जोर दिया गया है

इन केन्द्रों में गैर संचारी रोगों मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों आघात और आपात चिकित्साा जैसी बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी

उन्होंने कहा कि इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हर विश्वविद्यालय अपने लिए अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करें राजभवन में आयोजित कुलपति सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इन अध्ययन क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करते हुए विश्वविद्यालय आमजन के लिए कल्याणकारी समाधान तलाशें राज्यपाल ने कहा कि उनके कार्यकाल का यह पहला कुलपति सम्मेलन है इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूरे वर्ष के कामकाज की समीक्षा करने के साथ यह मंथन करना भी है कि आने वाले वर्ष में प्रदेश के विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार कैसे लाया जाए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय मात्र डिग्री बांटने वाले संस्थान नहीं है विश्वविद्यालयों की समाज प्रदेश और राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी व्यापक भूमिका है विश्वविद्यालय का प्रमुख होने के कारण कुलपतियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है

बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जायेगा पहले चरण में योजना का क्रियान्वयन राज्य के चार जिलों में ही किया जायेगा पहले चरण की सफलता के बाद योजना का क्रियान्वयन राज्य के शेष जिलों में किया जायेगा योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्णकालिक परियोजना निदेशक की तैनाती आवश्यक होगी स्लग विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज विधानसभा परिसर में आयोजित गैरसैंण के चरणबद्व विकास की रूपरेखा और समस्याओं पर चर्चा के लिए गैरसैंण विकास परिषद की बैठक ली इस दौरान गैरसैंण के विकास सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से चर्चा की गई विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने अधिकारियों को इस पर गंभीरता से काम करने के साथ ही उचित दिशा निर्देश दिए बैठक में चमोली और अल्मोड़ा के जिला स्तरीय अधिकारियों के अलावा शासन स्तर के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए स्लग रक्तदान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने युवाओं से रक्तदान करने और रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का ्रा आह्वान किया है वे देहरादून में द्वितीय उत्तराखण्ड रक्तदान शिविर के आयोजन के अवसर पर बोल रहे थे शिविर में पहुचंकर श्री रावत ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्द्धन किया उन्होंने कहा कि एक यूनिट खून चार लोगों की जिन्दगी बचा सकता है उन्होंने इस बात पर खूशी जताई कि पहले रक्तदान को लेकर लोगों ने मन में जो भ्रम था वो दूर हुआ है और अब ज्यादा से ज्यादा लोग इस महादान के लिए आगे आ रहे हैं

स्लग वित्त सचिव केंद्र सरकार में वित्त सचिव अजय नारायण झा ने आज नमामि गंगे योजना के तहत हरिद्वार में चल रहे कार्यो की समीक्षा की

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सबसे बड़े रिवर फ्रंट डेवलेपमेंट के तौर पर चंडीघाट को विकसित किया गया है वित्त सचिव ने कार्यों में हई प्रगति पर संतुष्टि जताई वित्त सचिव ने कहा नमामि गंगे केंद्र सरकार की अति महत्वांकाक्षी योजना है

बैठक के बाद वित्त सचिव ने विभिन्न गंगा घाटों और जल मल शोधन संयंत्रों का निरीक्षण किया स्लग वृक्ष प्रेमी वनों का कटान सिकुड़ती कृषि भूमि और तेजी से बढ़ते कंक्रीट के जंगल के कारण बरसाती पानी का संग्रहण लगातार घटता जा रहा है इससे हर वर्ष न केवल नदियों का जलस्तर कम हो रहा है बल्कि नौले और धारे भी सूखते चले जा रहे हैं

नगर हो या गांव वुक्षप्रेमी किशन मलड़ा ने कई सुखते पानी के धारों में पानी बढ़ाने के लिए उसके आसपास चौड़ी पत्ती की प्रजाति के पौधे लगाये जब पौधे बड़े हुए तो इसका असर भी दिखने लगा सूख चुके पानी के धारों से पानी निकलने लगा है किशन मलड़ा ने अपने प्रयासों से अपनी जमीन में ही देवकी वाटिका और शहीद शांति वन भी विकसित किया है जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं किशन मलड़ा बताते है कि अब तक वह करीब पांच लाख से ज्यादा पौंधे लगा चुके हैं

उन्होंने कहा कि चौड़ी पत्तीदार के संरक्षण से जलस्रोत को पुनर्जीवित किया जा सकता है